हिमाचल प्रदेश में आज अटल सुरंग का उदघाटन करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि सड़कों पूलों इमारतों सुरंगों आदि का निर्माण बडे पैमाने पर किया जा रहा है और सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि विकास का लाभ आम लोगों के साथ साथ सशस्त्र बलों तक पहंचाने के प्रयास भी किए जा रहे है

उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने में सहयोग के लिए शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों को आमंत्रित किया है कल शाम वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हाल में कई सुधार लागू किए हैं जिनसे उद्योग और शिक्षा जगत को नए अवसर मिलेंगे उन्होंने कहा कि भारतीय विज्ञान के समुद्ध इतिहास को विस्तारित किए जाने की आवश्यकता है प्रधानमंत्री ने बच्चों में विज्ञान के अध्ययन के प्रति रुवि बढ़ाने की अपील की वैभव सम्मेलन को विशिष्ट बौद्धिक प्रतिभाओं का संगम बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि सम्मिलित प्रयासों से शोध के लिए अनुकूल परिवेश सूजित होगा तथा परम्परा के साथ आधुनिकता के तालमेल से समृद्धि के अवसर बढ़ेंगे सीरो सर्विलेंस रिपोर्ट आईसीएमआर ने छत्तीसगढ़ के दस जिलों में कराए गए सीरो सर्विलेंस की रिपोर्ट जारी कर दी है सर्विलेंस में प्रदेश के लगभग साढे पांच प्रतिशत लोगों के शरीर में कोरोना संक्रमण के विरूद्व लडने वाले एंटीबॉडीज की मौजूदगी पाई गई है आईसीएमआर की टीम द्वारा सीरो सर्विलेंस के लिए दस जिलों से कुल पांच हजार तिरासी नमूने संकलित किए गए थे इनमें से दो सौ तिरासी नमूनों में एंटीबॉडीज मिली है इनमें आम लोगों के संतानवे और उच्च जोखिम समूह के एक सौ छियासी नमूने शामिल हैं सीरो सर्विलेंस से हर जिले से आम नागरिकों के औसतन दो सौ चालीस और उच्च जोखिम वाले समूहों के दो सौ साठ नमूने लिए गए थे सीरो सर्विलेंस की रिपोर्ट के अनुसार रायपुर जिले के तेरह दशमलव शून्य छह प्रतिशत राजनांदगांव के तीन दशमलव सात पांच प्रतिशत दूर्ग के आठ देशमलव छह एक और बिलासपुर जिले के सात दशमलव दो प्रतिशत लोगों के शरीर में एंटीबॉडीज पाई गई है सघन सामुदायिक अभियान छत्तीसगढ़ में कोरोना सघन सामुदायिक सर्वे अभियान शुरू हो गया है इसके तहत बारह अक्टूबर तक राज्य के ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर कोविड नाइंटीन के लक्षणात्मक मरीजों की पहचान की जाएगी बस्तर जिले में समुदाय स्तर पर कोरोना के लक्षण वाले मरीजों की तुरंत पहचान के लिए पांच से बारह अक्टबर तक सघन सामुदायिक सर्वे अभियान चलाया जाएगा वहीं जांजगीर चांपा जिले में भी सघन सामुदायिक सर्वे अभियान शुरू किया जा रहा है इस अभियान के तहत जिले के सभी शहरी और ग्रामीण परिवारों तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी कोरोना समाचार प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या एक लाख अटठारह हजार से अधिक हो गई है कल दो हजार छह सौ सैंतीस मरीजों की पहचान की गई वहीं प्रदेश में अब तक एक हजार से अधिक लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है इस बीच कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शासन प्रशासन द्वारा अनेक कदम भी उठाए जा रहे हैं इसी कड़ी में कोंडागांव जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए व्यापारिक गतिविधियों के संचालन के समय में बदलाव किया है पहले सबह नौ बजे से रात्रि नौ बजे तक दकाने खोलने की अनुमति दी गई थी जिसमें संशोधन करते हुए अब शाम पांच बजे तक ही व्यापारिक प्रतिष्ठान ँखोलने की अनुमति होगी दूध डेयरी और मेडिकल द्वकानों का संचालन यथावत रहेगा वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजनांदगांव में योग वेदांत सेवा समिति और महिला उत्थान मंडल द्वारा विभिन्न स्थानों पर करीब पांच हजार लोगों को निःशल्क मास्क और काढा का वितरण किया गया इधर बिलासपुर जिले के रतनपुर में कोरोना संक्रमण के दौरान उत्कष्ट कार्य करने वाले नगर पालिका परिषद के अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया शिक्षक नवाचार कोरोना संक्रमण के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार करने वाले शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर पर प्लेटफॉर्म मिलेगा इस प्लेटफॉर्म के जरिये राजनांदगांव जिले के शिक्षक भी अपने नवाचार को देशभर के शिक्षकों के सामने रख पाएंगे इस संबंध में आज से चार दिवसीय राष्ट्रीय शैक्षिक वेबीनार का आयोजन किया जा रहा है वेबीनार का लाइव प्रसारण यू द्यूब पर होगा इसमें देशमर के शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनतीस सितंबर को जल जीवन मिशन लागू करने के लिए ग्राम पंचायतों और जल समितियों के लिए मार्गदर्शिका जारी करते हुए इस अभियान की शुरूआत की थी अभियान के दौरान राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना है कि जल्द से जल्द ग्राम समा में इस संबंध में प्रस्ताव पारित कराया जाये जल जीवन भिशन का उद्देश्य वर्ष दो हजार चौबीस तक ग्रामीण भारत के हर घर तक नल के जरिए पानी उपलब्ध कराना है इस मिशन में महिलाओं और बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है इधर दूर्ग जिले में जल जीवन मिशन के तहत एक लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दिए जाएंगे इसके संचालन के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला जल और स्वच्छता समिति का गठन किया गया है साइबर थाना नवा रायपुर अटल नगर स्थित पुलिस मुख्यालय में राज्य स्तरीय साइबर पुलिस थाना शुरू हो गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये इस साइबर थाने का उद्घाटन किया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में होने वाले साइबर अपराधों के नियंत्रण के लिए पुलिस विभाग की यह अच्छी पहल हैं इससे विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों को तेजी से सुलझाने में सहायता मिलेगी साथ ही यहां से अन्य पुलिस थानों को भी साइबर अपराधों के अनुसंधान में जरूरी मार्गदर्शन और तकनीकी मदद मिल सकेगी मुख्यमंत्री ने साइबर थाना को लोगों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने के निर्देश भी दिए ताकि लोग सोशल मीडिया के जरिये होने वाले अपराध और धोखाघड़ी से बच सकें विशेष पुलिस महानिदेशक आरके विज ने बताया कि राज्य साइबर पुलिस थाना द्वारा बड़े मामलों को पंजीबद्द कर उसकी जांच की जाएगी बाकी साइबर अपराध के प्रकरण सामान्य थानों में पंजीबद्द किए जाते रहेंगे बताया गया है कि सभी पुलिस रेंज मुख्यालय में भी जल्द ही साइबर पुलिस थाना शुरू किए जाएंगे कृषि संशोधन विघेयक केन्द्र सरकार द्वारा पारित कृषि संशोधन विधेयकों के विरोध में प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों में कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कोंडागांव जिले के केशकाल में पार्टी पदाधिकारियों ने संशोधन विधेयकों को निरस्त करने की मांग को लेकर अनुविमागीय अधिकारी राजस्व के कार्यालय में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा वहीं मुंगेली जिले में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि संशोधन विधेयकों के विरोध में एकदिवसीय धरना प्रदर्शन ँकिया इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने अनुविभागीय अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर इन संशोधन विघेयकों को निरस्त किए जाने की मांग की दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने कृषि संशोधन विघेयकों को किसान हितैषी और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है महासमुद लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद चुन्नीलाल साह ने पत्रकारवार्ता में कषि संशोधन विघेयकों की बारीकियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि इन विघेयकों से लागू होने से किसान सशक्त होंगे उन्होंने आरोप लगाया कि समर्थन मूल्य को लेकर विपक्ष द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लालबहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर कृषि संशोधन विधेयकों को लेकर जन जागरण अभियान के तहत भाजपा द्वारा महासमुद में वेबीनार का आयोजन किया गया इस मौके पर मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व विधायक रूपक्मारी चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना संक्रमण के बांवजूद बीस लाख करोड़ रूपये आत्मनिर्भर भारत के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की है वन अधिकार पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कबीरघाम जिले में आदिवासी समूहों को सामुदायिक वन अधिकार पत्र और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र प्रदान किए इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुराजी गांव योजना लागू की है इसी प्रकार वन क्षेत्रों के निवासियों की आजीविका के साधन के लिए अब सामूदायिक के साथ ही वन प्रबंधन के भी अधिकार दिए जा रहे हैं इससे वनों की रक्षा तो होगी ही साथ ही वनवासियों के लिए आय के साधन भी उपलब्ध होंगे पोषण माह प्रदेश में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा एक से तीस सितंबर तक पोषण माह का आयोजन किया गया इस दौरान प्रदेशभर में पोषण से संबंधित सत्तर लाख छियासठ हजार से अधिक गतिविधियां आयोजित की गईं इन गतिविधियों में एक करोड़ से अधिक हितग्राही शामिल हुए इसमें त्रिस्तरीय पंचायतों और नगरीय निकाय के प्रतिनिधियों की भी भागीदारी रही बस्तर दशहरा पचहत्तर दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा कोरोना संक्रमण के बावजूद इस बार भी परंपरा और विधि विधान के साथ मनाया जाएगा इस संबंध में बस्तर राजपरिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से बस्तर भी अछ्ता नहीं है उन्होंने लोगों से बस्तर दशहरा पर्व में भीड़ नहीं बढ़ाने की अपील की है बस्तर दशहरा के तहत आगामी सोलह अक्टूबर को काछनगुड़ी में पूजा विघान के साथ साथ कलश स्थापना विधान जोगी बिठाई और उसके बाद रथ परिक्रमा भी परंपरानुसार होगी मावली परघाव निशा जात्रा जोगी उठाई भीतररैनी बाहररैनी नयाखाई और राजा नईखाई का कार्यक्रम भी होगा इसके बाद काछन जात्रा और कुटुम्ब जात्रा विधान संपन्न होने के बाद इकतीस अक्टूबर को बस्तर दशहरा का अंतिम कार्यक्रम होगा जिसमें मावली माता और दंतेवाड़ा से आई हुई देवी की विदाई होगी जीएसटी संग्रहण छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष सितंबर महीने की तुलना में इस वर्ष सितंबर महीने में वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रहण में चौबीस फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है देश के बड़े राज्यों में जीएसटी संग्रहण में वृद्धि के मामले में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में पिछले वर्ष सितंबर में चौदह सौ नब्बे करोड़ रूपये का जीएसटी प्राप्त हुआ था वहीं इसकी तुलना में इस साल सितंबर महीने में तीन सौ इंक्यावन करोड़ रूपये ज्यादा जीएसटी प्राप्त हुआ है इस वर्ष राज्य में अट्ठारह सौ इकतालीस करोड़ रूपये की जीएसटी संग्रहित की गई है मौसम प्रदेश में आगामी चौबीस घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गरज चमक के साथ छींटे पडने की संभावना है वहीं एक दो स्थानों पर बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है मौसम विमाग के मुताबिक एक चक्रीय चक्रवाती घेरा खेरा दक्षिण ओडिशा और उसके आसपास स्थित है वहीं निम्न दाब का क्षेत्र उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे ओडिशा के ऊपर बना हुआ है इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है आज बस्तर संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की खबर है जगदलपुर में भी दोपहर बाद मौसम का मिजाज बदलने से तेज बारिश हुई संक्षिप्त समाचार कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने धमधा के राजपुर में स्थापित शासकीय बीज प्रगुणन में करीब छह करोड़ रूपये की लागत से प्लग टाईप वेजीटेबल सीडलिंग प्रोडक्शन का लोकार्पण किया गांधी जयंती के अवसर पर विधानसभा आवासीय परिसर में पौधरोपण कार्यक्रम के तहत फलदार पौधे लगाए गए इस अवसर पर विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े ने भी रूद्राक्ष का पौधा लगाया राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में बासठ पदों पर भर्ती के लिए दस्तावेजों का परीक्षण बारह अक्टूबर से किया जाएगा मिशन की वेबसाइट पर इस संबंध में सभी जानकारी उपलब्ध है प्रदेश में ग्रामोद्योग उत्पादित सामग्रियों की खरीदी पर आम लोगों को अब दस प्रतिशत की विशेष छूट दी जाएगी छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने महासमुद में विमागीय अधिकारियों की बैठक लेकर बच्चों और महिलाओं को नियभित रूप से पोषण आहार वितरित करने के निर्देश दिए हैं जांजगीर चांपा जिले के पुलिस अधीक्षक ने सक्ती अकलतरा डभरा और सारागांव थाने में प्रभारियों की नई पदस्थापना के आदेश जारी किए है राजनांदगांव जिले में डीएपी खाद बिक्री को लेकर पीएसओ मशीन में फर्जी एंट्री करने के मामले में पांच निजी दुकान और चार सेवा सहकारी सभितियों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं कबीरधाम जिले के जनपद पंचायत कवर्धा क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों में पंद्रह अक्टूबर से ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा बालोद जिले के दल्लीराजहरा डौण्डी मार्ग पर खैरवाही के पास कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दो लोगों की मौत हो गई मूंगेली जिले में स्वास्थ्य विमाग ने अवैध रूप से संचालित दो निजी क्लीनिक को सील कर दिया है वहीं एक अन्य निजी अस्पताल को भी नर्सिंग होम एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने पर बंद करने के निर्देश दिए हैं बिलासपुर जिले में तोरवा पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा खिलाने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है इनके पास से एक टीवी और दो मोबाइल सहित बीस हजार रूपये की नगद राशि जब्त की गई है महासमुंद जिले के ग्राम सिरगिडी में हिरण के शिकार के मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है